चंदन नगर से बंदरदेवा रोड तक चल रहे फोर लेन सड़क निर्माण कार्य समाप्ति की कगार पर है और सेंकी नदी पर बने चंदन नगर प्ल यातायात के लिए काफी महत्वपूर्ण है निर्माण एजेंसी टी के इंजीनियर एण्ड कंस्ट्राक्शन ने आर सी सी प्ल को छियालीस दिनों के रिकॉर्ड समय सीमा के अंदर समाप्त किया है लोक कार्य विभाग मंत्री फोस्म खिमह्न के सलाहकार ने इस छियालीस मीटर लंबे प्ल का उद्घाटन किया

बैशकिमती रोदोदेनद्रोन जंगली फ्ल के संरक्षण पर जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से जिले के स्थानीय लोगों महिला स्वयं सेवी संस्थानों और य्वाओं ने शेरगांव रोदोदेनद्रोन उत्सव समिति के बेनर तले इसे आयोजित किया रोदोदेनद्रोन के तीस प्रजातियां है जिसमें से आठ वेस्ट कामेंग में पाए जाते है

इस अवसर पर किसानों की हिम्मत आफजाई करते हए उन्होंने खरीददारों और विक्रेताओं से विचारों और तकनिकी ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए इस मंच का उपयोग करने को कहा श्री ताकी ने व्यापार करने को आसान कराने के राज्य सरकार के इरादो को बताते हए कहा कि कृषि आधारित लाईसेंस सिंगल वीनडो ऑपरेशन के जरिए किया जाएगा उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार तेईस के अंत तक भारत और विदेशों में किवी की आपूर्ति की जाएगी

ड्रग्स के ब्रे प्रभाव पर जागरुकता फैलाते हुए इस प्रतियोगिता का थीम है फिट रहे स्वस्थ रहे और ड्रग्स को ना कहे टूर्नामेंट का आगाज करते हुए उप म्ख्यमंत्री चाउना मेन ने य्वाओं से कहा कि वे प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए एक संपत्ति है उन्होंने य्वाओं से ड्रग्स की सेवन करने से ख्द को द्र रखने को कहते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी का ड्रग्स मामलों में शामिल पाए जाने पर उनके के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

बहविवाह के संबंध में अरुणाचल प्रदेश के प्रथागत कानून पर बनी डॉक्यूमेंट्री आई एम प्रॉपर्टी का कल ईटानगर के ऐनी हॉल में स्क्रीनिंग किया गया इस डक्यूमेंट्री का निर्देशन कारी पाद् ने किया है इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विभाग सचिव दानी सालू महिला और बाल विकास विभाग की निदशक टी पी लोई अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राधिल् चाई और राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जनजातीय अध्ययन संस्थान और एंथ्रोपोलोजी विभाग के प्रोफेसर मौजूद थे

इस अवसर पर स्थानीय विधायक गैब्रियल डीवांग्सू ने स्वास्थ्य मंत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ब्नियादी जरुरतों से अवगत कराया अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में भी स्वास्थ्य स्विधाओं को मजब्त करने पर जोर दे रही है उन्होंने कहा कि कानूबारी साम्दायिक स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक स्विधाएं उपलब्ध हैं

इस अवसर पर जिल क़षि अधिकारी पीखोईसिया ने किसाणोंस ए अधिक आय के लिए पारंपरिक तरीके से खेती के बजाए वैज्ञानिक पद्धति से खेती या बागवानी करने को कहा मिस चाथोंग लोवांग ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनों के तहत ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की

डी आर डी ए के परियोजना के निदेशक एचक्री ने त्तन् ब्लॉक के कोलम गांव का दौरा कर मुख्यमंत्री आदर्श योजना ग्रामीण के अंतर्गत घरों के निर्माण कार्य का मौके पर निरीक्षण किया और लाभार्थियों को ग्णवता के साथ कार्य करने की अपील की उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को घरों के निर्माण के लिए सरकार कि आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है